टीकाकरण का यह अभियान प्रे देश में चलाया जायेगा

टीकाकरण का यह कार्यक्रम जरूरतमंद लोगों को प्राथमिकता के आधार पर दिया जायेगा प्रथम चरण में स्वास्थ्य कर्मियों सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों और समेकित बाल विकास सेवा से संबंधित कर्मियों को टीके लगेंगे इस टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित किए गए ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म को विन का इस्तेमाल किया जाएगा इसके माध्यम से टीके के स्टॉक रखे जाने स्थान का तापमान और टीके के लाभार्थियों की पूरी जानकारी हर समय उपलबध रहेगी

नाहरलगुन स्थित तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स में ईटानगर राजधानी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड का टीका लगाने के लिए शिविर लगाया जा रहा है प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर कोविड टीकाकरण के लिए प्णे के सिरम इंस्टीट्यूट की कोविड वैक्सीन कोविशील्ड की बत्तीस हजार ख्राके पहंच च्की है राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नोड़ल अधिकारी डॉक्टर डी पादुंग ने बताया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार कोविड टीकाकरण के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए हैं उन्होंने बताया कि राज्यभर में करीब तेईस हेल्थ केयर वर्कर्स को पहले चरण में कोविड का टीका लगाया जाएगा

बोगुम बोकांग केबांग के ईस्ट सियांग जिला इकाई ने कल मिरम गांव में आदी कस्टोमरी कानून की संरक्षण के लिए एक महीने की जागरुकता अभियान की श्रुआत की इस अवसर पर आदी बाने केबांग लिडर्स ने बैठक में कहा कि कस्टोमरी लॉ जिसे आदी बाने केबांग आयोन कहते है इसे पासीघाट गांव बूढ़ा सम्मेलन दो हजार बारह में जमीनी स्तर पर निष्पक्ष न्याय प्रदान करने के लिए अपनाया गया था

इस अवसर पर आयोजित पार्षदों की बैठक में ओकी मोयोंग बोरांग को सर्वसम्मति से चीफ काउंसिलर और रेबिका पानयांग मेगु को डिप्यूटी चीफ काउंसिलर चुना गया हमारे संवाददाता के साथ बातचीत में श्रीमती ओकी मोयोंग बोरांग ने कहा कि पासीघाट को विकसिर और स्वच्छ शहर बनाना उनकी प्राथमिकता होगी

राजधानी ईटानगर में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में ईटानगर शहरी निकाय के नव निर्वाचित कारपोरेटर्स को शपथ दिलाई गई इस अवसर पर मेयर पद के लिए हए च्नाव में भाजपा के कारपोरेटर तामे फासांग को सर्वसम्मति से मेयर और एनपीपी के बिरि बासांग को डिप्यूटी मेयर च्ना गया गौरलब है कि ईटानगर शहरी निकाय के च्नाव में भाजपा को दस जे डी यू को नौ और एन पी पी को एक वार्ड में सफलता मिली थी

प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर अड़सठ हो गई है और कोविड रिकवरी दर घटकर निन्यानबे दशमलव दो छह प्रतिशत हो गई है ग्रुवार को दर्ज किए गए कोविड के नए मामलों में वेस्ट कामेंग जिले से तेरह कामले और ईटानगर राजधानी क्षेत्र से एक एक मामले शामिल हैं कल राज्यभर से कोविड जांच के लिए आठ सौ पच्चीस सैंपल लिए गए

गौरतलब है कि मेजर बोब खातिंग ने वर्ष उन्नीस सौ इक्यानवे में तवांग को भारत का हिस्सा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस चरण में नए ज़माने के कौशलों के साथ साथ कोविड से संबंधित कौशलों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा